शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सरकार व संगठन पर विस्तृत चर्चा हुई है और उन्होंने अनेक केन्द्रीय मंत्रियों से प्रदेशहित से जुड़े मुद्दे उठाए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों से प्रदेश में विकास संबंधी परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया और साथ ही पार्टी हाईकमान से नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर भी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमण्डल में जल्द ही विस्तार व फेरबदल होगा और शीर्ष नेतृत्व के साथ इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रशासनिक फेरबदल करने की बात भी कही जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडनवीस को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी

हमीरपुर जिले के नेरी में आज पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में ऋषि परम्परा विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों ने समाज को ज्ञान दर्शन और अध्यात्म दिया है उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों के ज्ञान व दर्शन से ही आज सभ्य समाज का निर्माण संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संगोष्ठी के सकारात्मक परिणाम होंगे और ऐसे आयोजन करना सराहनीय प्रयास है संगोष्ठी में सौ से अधिक विद्वान व शोधार्थी भाग ले रहे हैं उन्होंने ठाकुर जगदेव चंद स्मृति संस्थान की वैबसाइट व पुस्तिका का विमोचन भी किया हमीरपुर रेलवे लाइन को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों तक रेल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और हमीरपुर तक रेल पहुंचाने को लेकर उन्होंने दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि इस वित्त वर्ष की दूसरी व अंतिम किश्त के रूप में ये राशि जारी हुई है और ग्राम पंचायत के बैंक खातों में जमा करवा दी गई है उन्होंने बताया कि ये धनराशि इस वित्त वर्ष के अंत तक खर्च करनी होगी वीरेन्द्र कंवर ने सभी पंचायतों को तय समय में धनराशि को विकास कार्यो में लगाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वाले खण्ड विकास अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी

सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शुभकामनाएं दी हैं इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवॉर्ड सर्वेक्षण में केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री को ये प्रस्कार प्रदान किया

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है और हिम केयर योजना के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है

इस अवसर पर पंचायत प्रधानों द्वारा लोगों को संविधान की शपथ दिलाई जाएगी और बैठक की शुरूआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ होगी